आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव गांव तक पहुंच रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ बड़ी चीजों से ही भारत आत्म निर्भर नहीं होगा बल्कि हमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए कपड़ा हस्तशिल्प वस्तुओं इलेक्ट्रिोनिक सामान और मोबाइल फोन के क्षेत्र में भी आत्म निर्भर बनना होगा प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है उन्होंने अपने भाषण में स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया श्री मोदी ने कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी मार्च में वे परीक्षा पे चर्चा करेंगे मन की बात एमपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में छतरपुर जिले की बबिता राजपूत का जिक्र किया जिन्होंने जल संरक्षण की दिशा में प्रयास किया है बबिता ने प्रधानमंत्री को उनके प्रयासों को सरहाने के लिए धन्यवाद दिया है

इस अवसर पर आज केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर सीवी रमण का स्मरण करते हुए कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान अनुकरणीय रहा है